यूरिया सहित सभी उर्वरकों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों को उर्वरक विभाग की ओर से हरसंभव सहयोग मिलेगा

वहीं मुख्यमंत्री कमलनाथ ने रबी के सीजन में यूरिया के संकट को देखते हुये किसानों को यूरिया की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये हैं मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार किसानों के प्रति गंभीर है उन्होंने आपूर्ति बढ़ाने को लेकर केन्द्र सरकार से बात की है मनोनयन निरस्त राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल के अध्यक्ष कृष्ण मुरारी मोधे का मनोनयन तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास को प्रभार सौंपा गया है

शिक्षक भर्ती शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा की तारीख निरस्त कर दी गई है

इसकी समय सारणी बाद में घोषित की जायेगी गौरतलब है कि कांग्रेस ने व्यापमं की भर्ती परीक्षाओं पर सवाल उठाये थे कृषि सम्मेलन राष्ट्रीय कृषि व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन राज्य कृषि विस्तार एव प्रशिक्षण संस्थान भोपाल में किया जा रहा है सम्मेलन का उद्देश्य राज्य सरकार द्वारा किसानों को उनके उत्पाद का अधिक मूल्य दिलाने और खेती को लाभ का धंधा बनाना है साथ ही कृषि स्टार्ट अप्स को एक साथ लाकर इसे विस्तार देना है ये आयोजन प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को भी विस्तार देता है सम्मेलन में कृषि में नवाचार करने वाले किसानों को कृषि भूषण सम्मान भी दिया जाएगा

बीती रात को यह किसान अपनी फसल भरकर ट्रक से जा रहे थे तभी ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया इस घटना में चार लोगों की मौत मौके पर ही हुई जबकि एक व्यक्ति की मृत्यु जिला चिकित्सालय शिवपुरी में उपचार के दौरान हुई घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल शिवपुरी लाया गया है वही सतना जिले के उचेहरा थाना क्षेत्र में एक मोटर साइकिल के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से उसमें सवार दो युवकों में एक की मौत हो गयी और दूसरा घायल हो गया

इस प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों के लगभग ढ़ाई हजार खिलाड़ी भाग लेगें प्रतियोगिता के अंतर्गत क्रिकेट खो खो कराते और वोवीनाम की प्रतियोगिताएं होगी

राष्ट्रीय शालेय खेल प्रतियोगिता की तैयारियाँ शुरु हो गई हैं

मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दिल्ली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ए के एंटोनी सहित पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ मंत्रिमंडल के गठन को लेकर चर्चा की उन्होंने मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि मंत्रिमंडल के गठन को लेकर कोई जल्दबाजी नहीं है अभी दो तीन दिन का समय है कांग्रेस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इन बैठकों में मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले नामों पर चर्चा की जा रही है कमलनाथ यह बात पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि मंत्रिमंडल में पहली बार विधायक बनें नेताओं को शामिल नहीं किया जायेगा इससे पहले कल मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भोपाल में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की

उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही प्रदेश में मंत्रिमंडल का गठन होगा

कल होने वाली बैठक में पार्टी के जिला अध्यक्ष जिला प्रभारी प्रदेश पदाधिकारी और कार्यसमिति सदस्य शामिल होंगे

बैठकों में लोकसभा चुनाव से संबंधित कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा की जायेगी बैठकों की तैयारियों के लिये प्रदेश कार्यालय से सभी जिला अध्यक्षों को पत्र भेजा गया है बैंक अधिकारी हड़ताल देश भर में आज बैंक अधिकारियों की अपनी मांगों के समर्थन के बीच प्रदेश में भी राष्ट्रीयकृत बैंकों में कामकाज प्रभावित हुआ आज से लगातार छह दिन बैंकों का कामकाज प्रभावित रहेगा

इस महोत्सव का विशेष आकर्षण विभिन्न प्रकार के जनजातीय व्यंजन हैं जो कि अलग अलग राज्यों के जनजातीय रसोईयों द्वारा ही बनाये जा रहे हैं रोज शाम को जनजातीय कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किये जायेंगे यह महोत्सव एक तरह से जनजातीय कला संस्कृति खान पान और व्यापार का महाकुंभ है मौसम प्रदेश में ठंड का असर बरकरार है

वहीं प्रदेश का सबसे न्यनतम तापमान खजुराहो और मंडला में दर्ज किया गया विभाग के अनुसार अभी दो तीन दिन सर्दी और बढ़ने के आसार हैं हमारे सतना संवादाता ने बताया है कि जिले के उचेहरा थाना क्षेत्र के भटनवारा गांव में एक बुजुर्ग की ठंड के चलते मौत हो गई है निर्वाचक पुनरीक्षण भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के लिये फोटो निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण का कार्य शुरु कर दिया है

जिसमें पुलिस कर्मचारियों ने अपनी समस्याओं से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया